ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अब होगी तीन वर्ष जेल की सजा

मुजफ्फरपुर के पूर्व महापौर समीर कुमार और उनके वाहन चालक की देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पूर्व महापौर अपने वाहन से कहीं जा रहे थे तभी शहर के नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक के पास पहले से घात लगाये लगभग नौ की संख्या में अपराधियों ने अत्याधुनिक एके सैंतालीस से गोलीबारी की अपराधियों ने लगभग पचास राउंड गोली चलायी गोलीबारी की इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि जिले की सीमा को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है श्री कुमार ने कहा कि मामले की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर को हत्या कांड की जांच के लिये कई बिंद्रओं पर निर्देशित किया गया है वहीं समस्तीपूर जिले के ताजपूर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि ताजपुर बाजार के रहने वाले व्यवसायी सुनील साह स्टेशन रोड के निकट खड़े थे तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया इधर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास अपराधियों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर उसे पूलिस को सौंप दिया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा मामले की छानबीन की जा रही है ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अब तीन वर्ष जेल की सजा होगी

रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर यह प्रस्ताव दिया गया है वहीं महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरूषों के लिये जुर्माने की राशि पांच सौ रूपये से बढ़ाकर एक हजार रूपये किये जाने का भी प्रस्ताव है आधी अधूरी तैयारियों के कारण राज्य में आज से पॉलीथिन पर लगने वाला प्रतिबंध टल गया है इस संबंध में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है विभागीय सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि इस मामले की आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है इस दौरान न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया जायेगा उसका पालन होगा उन्होंने बताया कि अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जायेगा गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने आज से प्रदेश के सभी शहरी निकायों में पॉलीथिन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि तीन तलाक का मुद्दा कोई राजनीति का विषय नहीं है बल्कि यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक पर लाये गये अध्यादेश पर उन्हें धन्यवाद देने आयी मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिये उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी महिला राजनीतिज्ञों को खुलकर तीन तलाक का विरोध करना चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि समय आने पर आम सहमति से सीटों को बंटवारा हो जायेगा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेताओं की प्रशंसात्मक खबर और लेखों को पेड न्यूज की श्रेणी में रखा जाना चाहिये एक याचिका पर आयोग की ओर से दिये गये जवाब में न्यायालय को बताया गया कि दैनिक अखबारों में किसी उम्मीदवार द्वारा उनके नाम से जारी बयान उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों की प्रशंसा करने के साथ साथ सीधे वोट की अपील से जुड़े होते हैं आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज की समस्या पर काबू पाने के लिये उसकी भूमिका सीमित करके गलती की है सेना में विभिन्न पदों के लिये आज से दानापुर में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है ग्यारह दिनों तक चलने वाले इस भर्ती रैली के लिये सात जिलों के बहत्तर हजार अभ्यर्थियों ने आवदेन किया है इस रैली में पटना भोजपुर बक्सर सारण वैशाली सीवान और गोपालगंज जिले के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में आज से मोबाईल पर अनारक्षित टिकट ब्रुकिंग सेवा शुरू हो गयी है यूटीएस नाम के मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से अब लोग जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट कटवा सकेंगे इस सुविधा के शुरू हो जाने से रेल काउंटरों पर उमड़ने वाली भीड़ से लोगों को छुटकारा मिलेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर आय से अधिक संपत्ति का केस चलेगा इस संबंध में एसएसपी हरप्रीत कौर ने आर्थिक अपराध इकाई को प्रस्ताव भेजा है पुलिस को ब्रजेश ठाकुर की दस करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति होने का अनुमान है इधर इस मामले में गिरफ्तार जिला बाल संरक्षण इकाई की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी समेत सभी चार आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ जारी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिठनपुरा स्थित कैम्प कार्यालय में सभी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गयी वहीं ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मध् की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में चल रही दारोगा बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल छह फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया वहीं रेलवे की ग्रप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा के आरोप में तीन परीक्षार्थियों को पटना से गिरफ्तार किया गया है अगले साल होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा के लिये छात्र अट्ठाईस सितंबर तक निबंधन शुल्क जमा कर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अगले साल होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिये छात्र निबंधन पत्र की त्रुटियों में कल तक सुधार करवा सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में आज बिहार क्रिकेट टीम का मुकाबला पुदुचेरी से होगा टीम के कप्तान प्रज्ञान ओझा ने कहा कि इस मैच के लिये टीम के हौसले बुलंद हैं गुजरात के आणंद में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार अपने दो मैच जीत चुकी है गया जिले के धरैया से पुलिस और एसएसबी की टीम ने राजधानी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के आरोप में दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है भागलपुर जिले में बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सीढ़ी घाट पर गंगा नदी में ड्रब जाने से दो छात्रों की मौत हो गई वहीं जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाजंगी गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के फुलार गांव से पुलिस ने साठ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है पटना जिले के बख्तिायारपुर में पुलिस ने चौबीस शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है मौके से हजारों लीटर शराब बरामद की गयी और एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया पटना जिले के धनरूआ में अपराधियों ने एक ऑयल कंपनी के मैनेजर को चाकू मारकर छह लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गरीबों को अमीरों जैसा इलाज मोदी अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार में पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होगी योजना दैनिक भास्कर लिखता है बिहार के एक करोड़ आठ लाख परिवारों को पांच लाख रूपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर को एक सैंतालीस से किया छलनी प्रभात खबर लिखता है आज से पॉलीथिन पर लगनी थी रोक तिथि घोषित कर भूले अफसर राष्ट्रीय सहारा लिखता है आंध्र प्रदेश के अमरावती में नक्सलियों ने विधायक समेत दो की हत्या की आज ने एशिया कप में भारत की जीत से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है पाकिस्तान को पीटकर भारत फाइनल में

ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अब होगी तीन वर्ष जेल की सजा